प्रदेश में संचार क्रांति योजना के संबंध में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में चिप्स ने स्पष्ट किया कि योजना के लिए खुली और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी राज्य शासन ने सरकारी सेवकों को उनके पूर्ण सेवा काल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान देने का फैसला लिया

विस चुनाव प्रेसवार्ता भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों को संतोषजनक पाया है आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा ने आज राजधानी रायपुर में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की बैठक लेकर चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे युवा जो अट्ठारह वर्ष की आय पूरी कर चुके हैं उनके नाम मतदाता सुची में जोड़ने के लिए कॉलेजों और अन्य स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं राज्य में इक्कीस अगस्त तक मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है इसके तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में न छूटने पाए

इसके अलावा राज्य के पैदा किया जाएगा ताकि वे मतदान में सभी जिलों खासकर माओवाद प्रभावित जिलों में चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को मतदान केंद्रों के हिसाब से अगले तीन हफ्तों के भीतर व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं संचार क्रांति योजना चिप्स प्रदेश में संचार क्रांति योजना के संबंध में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए खुली और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है इसके लिए राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निविदाएं आमंत्रित की गई इस योजना के तहत पैंतालीस लाख स्मार्ट फोन दो हजार पांच सौ नौ रूपये बयानवे पैसे में खरीदे गए इससे सरकार को तीन सौ ग्यारह करोड़ रूपये की बचत हई और एमआरपी के हिसाब से आठ सौ पंचानवे करोड़ रूपये की बचत हुई गौरतलब है कि इस योजना का क्रियान्वयन चिप्स द्वारा किया जा रहा है करूणानिधि अंतिम संस्कार तमिलनाड के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज चेन्नई में अंतिम संस्कार किया गया श्री करूणानिधि का लंबी बीमारी के बाद केल चौरानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया था केंद्र सरकार ने आज उनके सम्मान में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सात दिन के शोक की घोषणा की है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री करूणानिधि के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है मुख्यमंत्री सांसद बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों की बैठक लेकर राज्य के विकास और जनता के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों तथा राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श किया उन्होंने इसके साथ ही संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में राज्य के हितों को लेकर उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों पर भी सांसदों से बातचीत की डेंगू मौत भिलाई में डेंगू से पांच लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिला और मुख्यालय स्तर पर दो अलग अलग जांच टीमें गठित की हैं इन दोनों टीमों ने आज भिलाई पहंचकर जांच शुरू कर दी है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों की एक बैठक लेकर सभी जिलों में डेंग् मलेरिया पीलिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं सुकमा मुठभेड़ जांच आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर सुकमा में फर्जी मुठभेड़ के जरिये पंद्रह निर्दोष आदिवासियों को मार गिराने का आरोप लगाया है पॉर्टी ने इस मामले की जांच के लिए सोनी सोरी के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है समिति तीन दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी गौरतलब है कि बीती छह अगस्त को नलकातोंग के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पंद्रह माओवादी मारे गए थे शासकीय सेवक वेतनमान राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवा काल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान देने का फैसला लिया है इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं सिविल सेवाओं के माध्यम से सीधी भर्ती पाने वाले सदस्यों को शासकीय सेवा में पहली नियुक्ति की तारीख से तीस वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाएगा वहीं ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति वेतनमान का लाभ मिला है उन्हें एक जनवरी दो हजार सोलह या इसके बाद की तिथि से तीस वर्ष की शासकीय सेवा पूरी करने पर तीसरे समयमान वेतनमान की पात्रता होगी इसके अलावा ऐसे संवर्ग के शासकीय सेवक जिन्हें विशिष्ट योजनाओं के तहत समयमान वेतनमान का लाभ मिला है उन्हें मंत्रिपरिषद की सहमति से तीस वर्ष की सेवा के बाद तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाएगा

इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं शालेय शिक्षाकर्मी संघ ने इस संबंध में पहले मांग उठाई थी रायपुर विमानतल हवाई सेवा के उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में रायपुर का स्वामी विवेकानंद विमानतल देश में पहले नंबर पर है देशभर के इंक्यावन विमानतर्लो को पीछे छोड़ते हुए रायपुर विमानतल ने अपनी यह जगह बनाई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की हाल ही में जारी सर्वे रिपोर्ट में रायपुर विमानतल को उपभोक्ताओं ने सुविधाओं के मामले में सर्वश्रेष्ठ बताया है कॉलेज नये पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पैंतीस सरकारी कॉलेजों में इसी शिक्षा सत्र से चौदह नये पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है इनमें में छह कॉलेज आदिवासी क्षेत्रों में और तीन कॉलेज अनुसूचित जाति बहल्य इलाकों में चलाए जा रहे हैं स्वीकृत नये पाठ्यक्रमों में एक हजार नौ सौ पैंतीस सीटें भी मंजूर की गई हैं विश्व आदिवासी दिवस कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा इसे लेकर प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम इस कायक्रम के अति विशिष्ट अतिथि होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय करेंगे राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाए दी हैं

प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति तथा परंपरागत वन्य निवासियों को भी अब सामुहिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि छोटे किसानों की आय बढ़ सकें कोरिया जिले की बात करे तो वहां वन अधिकार अधिनियम का लाभ ले रहे आदिवासियों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आठ विभागों ने मिलकर एक कार्ययोजना तैयार की है इसके तहत उन्हें खेती के अलावा मत्स्य पालन और उद्यानिकी से जोड़ा जा रहा है

विकासखंड बैकुंठपुर के सहायक मत्स्य अधिकारी एसके द्विवेदी ने बताया कि विशेष पिछड़े जनजाति पंडो सहित अन्य आदिवासी परिवारों को मछली पालन से जोड़ा जा रहा है वहीं उद्यानिकी विकास अधिकारी जेएस ध्रेव ने बताया कि बैकुंठपुर विकासखंड में किसानों को मुनगा आम कटहल जैसी उद्यानिकी खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है बैकुंठपुर विकासखंड में वन क्षेत्र करीब एक सौ पचास एकड़ में फैला हुआ है किसानों और आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए वन भूमि को कलस्टर बनाकर खेती और मछली पालन के लिए उन्हें दिया गया है न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर मौसम प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रायपुर दुर्ग बस्तर और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं अगले दो दिनों तक प्रदेश के सभी संभागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है बारिश के कारण अनेक जिलों में नदी नाले उफान पर हैं जांजगीर में तेज बारिश से बोराई नदी का जलस्तर बढ़ गया है हसौद डभरा मार्ग पर भेड़ीकोना पुल के ऊपर पानी बह रहा है प्रशासन ने नदी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है वहीं सोन नदी भी उफान पर है

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दस अगस्त को रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना की शुरूआत करेंगे